राज्य सरकार ने बारिश को देखते हए जारी किया हाईअलर्ट मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरा प्रदेश में कहीं कहीं अति भारी वर्षा होने की दी चेतावनी राज्य सरकार ने इस वर्ष समर्थन मूल्य पर की जाने वाली धान और मक्के की खरीदी आगामी एक नवंबर से शुरू करने का लिया फैसला छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राजधानी स्थित हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को अवैध करार दिया

अनेक जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं नदी नाले उफान पर हैं कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क ट्रट गया है राजधानी रायपुर की निचली बस्तियों में भी पानी भर गया है राजधानी से बहने वाली खारून नदी भी उफान पर हैं सेजबहार के पास कोलार गांव में पानी पुल से ऊपर बह रहा है

बारिश की वजह से रायपुर सहित कई जिलों के स्कूल कॉर्लेजों में आज सुबह छुट्टी के आदेश भी जारी किए गए वहीं बारिश को देखते हुए राज्य सरकार ने हाईअलर्ट जारी किया है मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिला कलेक्टरों को आवश्यक निर्देश दिए हैं उन्होंने खासतौर पर गंगरेल बांध में लगातार हो रही पानी की आवक को देखते हुए धमतरी के कलेक्टर डॉक्टर सीआर प्रसन्ना से फोन पर बात की उन्होंने बांध से पानी छोड़े जाने की स्थिति के संबंध में जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों को बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने को कहा इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में आगामी चौबीस घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है गरियाबंद जिले के पचास गांव जिला मुख्यालय से कट गए हैं जिले की सूखा नदी का जलस्तर बढ़ने से देवभोग और अमलीपदर के बीच सड़क मार्ग बाधित हो गया है जिले की विभिन्न नदियों का जलस्तर बढ़ने से राष्ट्रीय राजमार्ग पर कहीं कहीं तीन से चार फीट पानी भर गया है इस वजह से गरियाबंद जिले का प्रदेश के अन्य जिलों से संपर्क ट्ट गया है रसेलादादर गांव में फुलबाहरा नदी का रपटा पार करते समय मोटरसाइकिल सवार दो लोग बह गए थे लेकिन इन्हें स्थानीय लोगों की मदद से बचा लिया गया

जांजगीर चांपा जिले के बिर्रा गांव में कच्चे घर की दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई कांकेर जिले में कुकरेल नदी का जलस्तर बढ़ने से नरहरपुर और धमतरी के बीच आवागमन बाधित हो गया है नदी का रपटा पार करते समय एक ट्रक अनियंत्रित होकर बह गया हालांकि इसमें कोई जनहानि की खबर नहीं है महासमुंद जिले में महानदी सहित सभी नदी नाले उफान पर हैं कुकराडीह तेंद्रवाही और खड़सा गांव के अनेक घरों में पानी घुस गया है प्रशासन ने सैंतालीस गांवों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है प्रदेश में लगातार बारिश के कारण सभी बांधों का जलस्तर बढ़ गया है धमतरी जिले में स्थित गंगरेल बांध के दस गेट खोल दिए गए हैं बांध से इस समय चालीस हजार क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है वहीं धमतरी जिले के ही माडमसिल्ली बांध से करीब एक लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है गरियाबंद जिले के सिकासेर बांध से भी तीस हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है इसी तरह राजनांदगांव जिले के मोंगरा जलाशय से बारह हजार क्यूसेक पानी शिवनाथ नदी में छोड़ा जा रहा है इस वजह से मोहारा स्थित शिवनाथ नदी के पुराने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है

इन दोनों जिलों के कलेक्टरों ने नदी के आसपास के गांवों के लिए अलर्ट जारी किया है वहीं कोटवारों के जरिये लोगों को नदी किनारे नहीं जाने के लिए मुनादी भी कराई गई है उधर बस्तर जिले में पिछले दो दिनों से हो रही लगातार वर्षा आज कृछ थम गई है हमारे संवाददाता के अनुसार बस्तर संभाग में इंद्रावती शंखिनी डंकिनी और मिंगाचल नदी का पानी फिलहाल खतरे से नीचे बह रहा है वहीं आज सुबह से जगदलपुर सहित अनेक स्थानों पर हल्की बोछारे पड़ रही हैं इसी वजह से फिलहाल बस्तर संभाग में स्थिति सामान्य है

वहीं रायपुर दूर्ग बिलासपुर और बस्तर संभागों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई है मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तटीय क्षेत्र तथा उसके आसपॉस कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है अगले चौबीस घंटों में इसके और सक्रिय होने की संभावना है इसी वजह से प्रदेश में लगातार वर्षा हो रही है इधर राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन की टीम को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं प्रदेश सहित देश के अन्य भागों में हो रही वर्षा के कारण सड़क यातायात के साथ ही रेल आवागमन भी प्रभावित हुआ है भूसावल रेलमंडल के अंतर्गत विद्युत आपूर्ति करने वाली ओव्हरहेड एक्सटेंशन लाइन में बाधा आने के कारण लंबी दूरी की एक्सप्रेस गाड़ियां देर से चल रही हैं

आदेश के मुताबिक बिलासपुर के आईजी दीपांश काबरा को रायपुर और रायपुर के आईजी प्रदीप गुप्ता को बिलासपुर का नया आईजी नियुक्त किया गया है मंत्रिपरिषद फैसला राज्य सरकार ने इस वर्ष समर्थन मूल्य पर की जाने वाली धान और मक्के की खरीदी आगामी एक नवंबर से शुरू करने का फैसला लिया है धान की खरीदी अगले साल इकतीस जनवरी और मक्के की खरीदी इकतीस मई तेक की जाएगी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की अध्यक्षता में आज रायपुर में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में समर्थन मूल्य पर धान और मक्का खरीदी के अलावा कस्टम मिलिंग नीति को भी मंजूरी दी गई बैठक के बाद खाद्य मंत्री पुन्नूलाल मोहले ने पत्रकारों को बताया कि धान खरीदी केंद्रों पर एक नवंबर से अगले साल इकतीस जनवरी तक नगद और लिंकिंग के जरिये धान की खरीदी की जाएगी केंद्र सरकार ने चालू सत्र में सामान्य धान के लिए सत्रह सौ पचास रूपये और ए ग्रेड धान के लिए सत्रह सौ सत्तर रूपये प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य तय किया है जबकि मक्के के लिए समर्थन मूल्य सत्रह सौ रूपये प्रति क्विंटल होगा उन्होंने बताया कि धान खरीदी की अधिकतम सीमा पंद्रह क्विंटल प्रति एकड़ और मक्का खरीदी की अधिकतम सीमा दस क्विंटल प्रति एकड़ होगी वहीं मंत्रिमंडल ने दो पुलिस अधिकारियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति और एक अधिकारी को समय से पहले पदोन्नति देने का फैसला भी किया है श्री मोहले ने बताया कि दिवंगत पुलिस महानिरीक्षक बीएस मरावी के पूत्र शिखर मरावी को खाद्य निरीक्षक के पद पर और माओवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद उप निरीक्षक विनोद कौशिक की पत्नी जयश्री कौशिक को पुलिस विभाग में उप निरीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी उन्होंने बताया कि माओवाद विरोधी अभियान में शामिल रहे निरीक्षक अजीत ओगरे को उप पुलिस अधीक्षक के पद पर समय से पहले पदोन्नति दी जाएगी हाईकोर्ट क्लपति छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राजधानी स्थित हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति सुखपाल सिंह की नियुक्ति को अवैध करार दिया है विश्वविद्यालय के ही एक प्रोफेसर की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी और न्यायमूर्ति संजय अग्रवाल की युगल पीठ ने यह फैसला सुनाया सुनवाई के दौरान युगल पीठ ने यह पाया कि क्लपति पद के लिए आवश्यक योग्यता में परिवर्तन किया गया और क्लपति की नियुक्ति पहले ही कर दी गई युगल पीठ ने क्लपति सुखपाल सिंह का पहला कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्ति देते समय योग्यता में परिवर्तन किए जाने को विधि विरूद्व कहा है

इनमें एक लाख रूपये का एक इनामी माओवादी भी शामिल है मिली जानकारी के अनुसार बारसूर थाना क्षेत्र से एक और किरंद्रल थाना क्षेत्र से दो माओवादियों को पकड़ा गया उधर सुकमा जिले में आज सुरक्षा बलों की टीम ने विस्फोटक बरामद किया है जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ का संयुक्त दल तलाशी अभियान पर निकला हुआ था इसी दौरान सुरक्षा बलों ने दोरनापाल से दो किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग पर माओवादियों द्वारा लगाया गया विस्फोटक बरामद किया जिसे बम निरोधक दस्ते की टीम ने मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया राज्यपाल श्रद्धांजलि सभा प्रदेश के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय बलरामजी दास टंडन की स्मृति में रायपुर स्थित राजभवन में आज श्रद्वांजलि सभा का आयोजन किया गया इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों के अलावा प्रदेश के अनेक विधायक राजनीतिक दलों के पदाधिकारी और पूर्व राज्यपाल के परिजन शामिल हुए